उना जिला के बाथू और गगरेट में उद्योगपतियों के साथ कल एक बैठक में उन्होंने ये बात कही ब्रिकम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में उद्योगों की अहम भूमिका है और सरकार ने पिछले छह माह के दौरान उद्योगों के लिए कई रियायते दी हैं उन्होंने उद्योगपतियों से उद्योगों में कार्यरत कर्मियों को ईएसआए पीएफ और बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करने को कहा है उन्होंने कहा कि गगरेट व अंब से औद्योगिक क्षेत्र की मांग को देखते हुए गगरेट में जल्द ही ईएसआए अस्पताल खोला जाएगा

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

उद्योग विमाग भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसमें पीने के पानी की पैकेजिंग कार्बोनेटिड पेय पदार्थ एवं ऐरिएटिड पानी के अतिरिक्त सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां शामिल हैं जिसके लिए प्रदेश में स्थापित समी औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक बस्तियों को विन्हित फूड पाकॉ की सूची में शामिल किया गया है इच्छुक उद्यमी उद्योग निदेशालय या महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं

अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने केसीसी बैंक और टैक्नोमेक घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी के शब्द हैं केसीसी बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निलंबन पर कारण बताओ नोटिस दिव्य हिमाचल का शीर्षक है केसीसीबी का बीओडी पहले बहाल फिर सस्पेंड हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सिपहिया दोपहर को बहाल शाम को फिर कर दिए सस्पेंड

अमर उजाला लिखता है टैक्नोमैक घोटाले में जमानत पर छूटा कंपनी का एजीएम फिर गिरफतार पंजाब केसरी ने लिखा है टैक्नोमैक कंपनी फर्जीवाड़े में तीसरी गिरफतारी शाह ने तलब किया हिमाचल के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है मुख्यमंत्री ने दी मंत्रियों के कामकाज की जानकारी अब असाइनमेंट फार्मूला लागू करने की तैयारी दैनिक भास्कर के शब्द हैं अमित शाह के दौरे के बाद हिमाचल में होगी अध्यक्ष उपाध्यक्षों की तैनाती हिमाचल दस्तक की सुर्खी है दिल्ली से मिला फी हैंड जो जरूरी लगे बेझिझक करो पठानकोट से मंडी तक प्रस्तावित फोरलेन को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है पठानकोट मंडी राजमार्ग को अब फोरलेन करने की हरी झंडी दिव्य हिमाचल ने लिखा है मंडी पठानकोट फोरलेन की बाधा दूर आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूरा करें अधिकारी पत्र के अनुसार विश्व बैंक से हिमाचल को सैद्वांतिक तौर पर स्वीकृत करोड़ों का प्रोजेक्ट खतरे में

दैनिक जागरण की एक खबर है जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल में बदलाव के दिए संकेत

रामपुर के भूपेंद्र डीयू के एंट्रेस टेस्ट में टॉपर शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है एमएससी भू गर्म विज्ञान की एंट्रेस परीक्षा में पूरे भारत में किया टॉप पत्र के अनुसार सीएम कार्यालय में रहेंगे संजय कुंडू

सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय शिक्षकों की कमी में लिखा है प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में अभी काफी सुधार लाने की जरूरत है जिसमें देरी से कई बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है इसलिए सरकार को इन खामियों को दूर करने में तेजी लानी चाहिए घुआं रहित रसोईघर का संकल्प शीर्षक से आपका फैसला ने उज्जवला योजना को महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर बताया है